विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद कांग्रेस को फिर से स्थापित करना बड़ी चुनौती

जावडेकर केंद्रीय पर्यावरण व वन और जलवायु तथा सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल में पांच हैक्टेयर तक वन भूमि को परिवर्तित करने की शक्तियां राज्य सरकार को देने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक और गंभीरता से विचार करेगी जावडेकर आज नई दिल्ली में उनसे मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों में और तेजी लाने के लिए वन भूमि के परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार के पास होना जरूरी है उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल का अधिकतर क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है इससे परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है जयराम ठाकुर ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के लिए हिमाचल को क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में लाने की भी मांग की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गृह मंत्री से प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के हाटि समुदाय को जनजातीय का दर्जा प्रदान करने और हिमाचल के लिए एक और महिला आईआरबी बटालियन स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया जयराम ठाक्र ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की और सेना में हिमालयन रेजीमेंट के गठन की मांग की उन्होंने दोनों ही नेताओं को लोकसभा चुनाव में जीत और मंत्री बनने पर बधाई भी दी पीएमजीएसवाई मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ही ग्राम विकास पंचायतीराज व कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर से भी मुलाकात की और पीएमजीएसवाई के तहत प्रदेश में बनी सड़कों के रख रखाव के लिए बजट बढ़ाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निर्मित सड़कों के रखरवाव के लिए दी जा रही धनराशि पर्याप्त नहीं है मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बस्तियों और आंतरिक सड़कों के रख रखाव के लिए भी बजट में प्रावधान का आग्रह किया उन्होंने कहा कि उपयुक्त बजट प्रावधान के बिना पंचायतें इन सड़कों का रख रखाव नहीं कर पा रही है केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश वासियों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है

विपिन परमार आज सुल्ह विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धीरा में डिजिटल एक्सरे मशीन और अल्ट्रासांउड के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों और मैडिकल कॉलेजों में आधुनिक विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाने पर उन्हें सशक्त करने तथा स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है विपिन परमार ने कहा कि धीरा थुरल और भवारना अस्पताल में शीघ्र ही एसआरएललैब स्थापित की गई अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए निराशाजनक हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आगे बहुत बड़ी चुनौतियां है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने पड़ेंगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर काम करना होगा और बूथ से लेकर यूथ तक को किस तरह हैंडल करना है इसको लेकर नई सोच पैदा करनी होगी अग्निहोत्री ने आज ऊना में एक बयान में कहा कि कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद पार्टी को फिर से पूर्ण रूप से स्थापित करना बहुत कड़ी चुनौती है अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को फिर से स्थापित करने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे उन्होंने प्रदेश में प्रंजी निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार को स्पैशल पैकेज पर ध्यान केंद्रित करने पर भी सलाह दी और कहा कि इन्यैस्टर मीट से ज्यादा निवेश आने की संभावना नहीं है

इस पशु औषधालय से लगभग तीन हजार की ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी कपूर ने पंजसई गांव में राजकीय माध्यमिक पाठशाला के भवन की आधारशिला भी रखी कपूर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार सड़क शिक्षा बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है मौत चंबा जिला के चुवाड़ी थाना के तहत कलम खड्ड में आज एक बच्चे के ड्रबने से मौत हो गई हादसा आज सुबह उस वक्त हुआ जब दूसरी कक्षा का छात्र विश्व सुपुत्र अर्जुन अपने सार्थियों के साथ खड्ड में नहा रहा था विश्व के डूबते ही उसके साथियों ने मदद के लिए शोर मचाया लेकिन जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक विश्व की मौत हो चुकी थी अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र की ओर से हिमाचल के विकास को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी आज बिलासपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को गति देने के लिए प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों को आपसी समन्वय से आगे बढ़ाया जाएगा

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र हैं

उन्होंने कहा कि पुस्तकें ज्ञान का स्रोत हैं और ये मनुष्य की प्रतिभा को निखारती है उन्होंने कहा कि पुस्तकें हमें साहित्य इतिहास और जीवन जीने की कला सिखाती है राज्यपाल ने युवा पीढी का आहवान किया कि वे साहित्य व पुस्तकों का अध्ययन करें उन्होंने युवा पीढ़ी में पुस्तकों के अध्ययन के प्रति कम हो रही रूचि पर भी चिंता जताई सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी पंचायतों में सड़क सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है सरवीण चौधरी आज कांगड़ा जिला के सिद्वपुर में विकास कार्यो का जायजा लेने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रही थी उन्होंने ये भी कहा कि समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए सरकार कृतसंकल्प है और इसके लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं आरंभ की गई है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पार्टी में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नही की जाएगी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणियों के मामले में गठित जांच कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राठौर ने कहा कि सोशल मीडिया में वरिष्ठ नेताओं के रिवलाफ की गई अभद्र टिप्पणियां पार्टी के नियमों के खिलाफ है राठौर ने कहा कि फेक आईडी बनाकर पार्टी में बदनाम करने में जुटे लोगों को शीघ्र ही बेनकाब कर दिया जाएगा धावक पांच अनमोल जिंदगियों को बचाने के लिए चैरिटी रन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय धावक सुनील शर्मा आज सोलन पहुंचे इस मौके पर आकाशवाणी से बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि जिन पांच लोगों को बचाने के लिए वह इस चैरिटी रन में दौड़ रहे हैं वह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं सुनील ने कहा कि वह इससे पहले भी पीड़ित मानवता की मदद के लिए इस तरह की दौड़ में हिस्सा ले चुके हैं सुनील ने दावा किया कि उन्हें इस मकसद को पूरा करने में लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है